मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने में एम्स मील का पत्थर होगा साबित केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के अनुसार भारत को आत्मनिर्भर व मजबूत बनाने में मददगार होगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति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

उन्होंने कहा कि भाजपा परिवार के सभी कार्यकर्ता इमानदारी से कार्य करते है और सभी की तपस्या से पार्टी और अधिक मजबूत होगी नड्डा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश के लिए एम्स मातृ व शिशु अस्पताल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और पीजीआई स्वीकृत हुए है जो एक बड़ी उपलब्धि है इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र और प्रदेश भापजा अध्यक्ष सुरेश कश्यप सहित अन्य नेता भी मौजूद रहे एम्स निरीक्षण इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बिलासपुर में एम्स के निर्माण कार्य की समीक्षा की नड़डा ने कहा कि इस संस्थान के निर्माण कार्य की गृणवत्ता के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि संस्थान में प्रदेश के लोगों को विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार इस संस्थान के बिजली के बिल पर छूट देने के मामले पर विचार करेगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओ को सशक्त बनाने में ये संस्थान मील का पत्थर साबित होगा जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाक्र उद्योग मंत्री बिकम सिंह स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल और खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग भी इस दौरान मौजूद रहे शिक्षा नीति केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत को आत्मनिर्भर मजबूत और महान बनाने में मददगार साबित होगी वे आज भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला के स्थापना दिवस समारोह को वेबिनार के माध्यम से संबोधित कर रहे थे उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये संस्थान अनुसंधान के माध्यम से नई शिक्षा नीति को उच्च स्तर पर बढ़ावा देगा रमेश पोखरियाल निशंक ने स्थापना दिवस पर संस्थान के अधिकारियों व कर्मचारियों को बधाई दी इस अवसर पर संस्थान के निदेशक मकरंद आर परांजपे और संस्थान के उपाध्यक्ष चमन लाल गुप्ता भी मौजूद रहे

स्वास्थ्य सचिव प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने कहा है कि सरकार कोरोना महामारी से निपटने में पूरी तरह सक्षम है और स्वास्थ्य विभाग के पास पर्याप्त मात्रा में उपकरण व दवाईयां उपलब्ध हैं उन्होंने आज शिमला में बताया कि मरीजों में कोरोना के लक्षणों की गंभीरता का देखते हुए अलग अलग स्वास्थ्य संस्थानों में उचित उपचार उपलब्ध करवाया जा रहा है अमिताभ अवस्थी ने कहा कि प्रदेश में कुल सकिय मामलों में से अधिकतर रोगी होम आईसोलेशन में पंजिकृत होकर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं

जांच के बाद लोगों को आवश्यकता अनुसार उचित उपचार उपलब्ध करवाया जाएगा

अग्निहोत्री विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय का विवाद भाजपा द्वारा ही खड़ा किया गया है एक बयान में उन्होंने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय की न तो जमीन ट्रांसफर हुई है और न ही कोई काम शुरू किया गया है उन्होंने कहा कि भाजपा की लड़ाई उनका अंदरूनी मामला है लेकिन प्रदेश के विकास को इसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए टेलीविजन दिवस आज विश्व टेलीविजन दिवस है

उपायुक्त कुल्लू की उपायुक्त ऋचा वर्मा ने सर्दियों में बर्फबारी के दौरान जिले में संपर्क मार्गो की तुरंत बहाली के लिए लोक निर्माण विभाग को प्रबंध करने को कहा है

मौसम प्रदेश में आगामी कल से मौसम का मिजाज बदल सकता है

इस बीच अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ बना हुआ है और ज्यादातर स्थानों पर शीत लहर में वृद्धि का कम जारी है

इस बीच राजधानी शिमला के साथ लगते कुफरी में डॉप्लर राडार स्थापित किया गया है इसके जरिए मौसम विभाग को कुछ घंटो पहले मौसम की सटीक जानकारी मिल सकेगी

बाजार बंद शिमला जिले में पिछले कुछ दिनों से कोरोना मामलों में वृद्धि के चलते प्रशासन ने कल रविवार को आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रखने का निर्णय लिया है इस संबंध में उपायुक्त ने आदेश जारी किए हैं स्वीप चुनाव आयोग द्वारा प्रदेश में इन दिनों मतदाता जागरूकता के लिए स्वीप कार्यक्रम चलाया जा रहा है इसके तहत नए मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र बनाने और मतदाता सूचियों की त्रुटियों को दरूस्त करने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है इसी कड़ी में सोलन में आज कार्यकारी एसडीएम एच एस राणा ने जागरूकता वाहन को रवाना किया उन्होंने कहा कि इस वाहन की मदद से लोगों को घर घर जाकर जागरूक किया जाएगा